आज खेला जाएगा दूसरा मैच

रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कल रात श्रीनगर में बताया कि इस घटना में पांच से सात पाकिस्तानी सैनिक मारे गए बैट में आमतौर पर पाकिस्तानी सेना के विशेष सैनिक और आतंकवादी शामिल होते हैं रक्षा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में पिछले दो दिन में शांति भंग करने और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कई कोशिशें की थीं प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बल नियंत्रण रेखा पर और अंदरूनी इलाकों में सभी नापाक करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा सांसद कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसदों की दो दिन की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे श्री मोदी ने कल अभ्यास वर्ग कार्यशाला का उदघाटन किया था प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से सांसद या मंत्री बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने को कहा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत रूप से संगठित पार्टी है जोड तोड कर बनाई गई पार्टी नहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि भाजपा अपने आदर्शों और विचारधारा के कारण इस ऊंचाई तक पहुंची है न कि पारिवारिक विरासत के बल पर श्री मोदी ने सांसदों से हमेशा विद्यार्थी बने रहने को कहा ताकि सीखने की प्रक्रिया जारी रहे इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य भाजपा सांसदों के समक्ष अनुशासन का महत्व रेखांकित करते हुए उन्हें संसद के अंदर और बाहर समुचित आचरण के प्रति सतर्क करना है

श्री नायडू यहां श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के दौरे के संबंध में कल मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान इंदौर में उपस्थित संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने उन्हें तैयारियों से अवगत कराया कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कार्यक्रम स्थल का जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है एसएसपी रुचि वर्धन मिश्रा ने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक आवागमन और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी

वर्षा जल कार्यशाला भोपाल नगर निगम द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिये कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिय वर्षा जल का संग्रहण सबसे अच्छे उपायों में से एक है कार्यशाला को महापौर आलोक शर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरी ने भी संबोधित किया उन्होंने व्यर्थ बहने वाले पानी के सद्पयोग के बारे में बताया

इन जिलो में रेन वाटर हार्डवेस्टिंग वाटर कर्न्वसेशन और वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा

इस अवसर पर उनकी जन्म स्थली खण्डवा में हजारों संगीतप्रेमी किशोरदा को श्रद्वासुमन अर्पित कर गीतों भरी स्वरांजली देंगे

इसमें मुख्य संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ कृषि मंत्री सचिन यादव सांसद नंदकुमारसिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे इस अवसर पर संस्कृति संचालनालय द्वारा भोपाल के रविन्द्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पार्श्व गायक रविन्द्र सिन्दे और उनके साथी कलाकार प्रस्तुति देंगे उधर इंदौर में भी किशोर कुमार का जन्म दिन गीत संगीत के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा टी टवेंटी भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीन अंतर्राष्ट्रीय ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने चार विकेट से जीत लिया है

श्रृंखला का दूसरा मैच आज इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

आज खेला जाएगा दूसरा मैच